प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस मुददे पर बातचीत के लिए बैठक आयोजित की गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने शामिल हुए बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार द्वारा मत विभाजन के जरिये अचानक कराये गये शक्ति परीक्षण को नाटक करार देते हुए कहा कि सरकार को इसके लिए पहले से विश्वासमत लाना चाहिये था उन्होंने कल के घटनाकम को सत्तापक्ष की ऐसी दौड़ बताया जिसमें वे खुद ही दौड़े और खुद ही जीत गये बताया जाता है कि बगावत करने वाले विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कौल के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है वहीं दूसरी ओर कल की घटनाकम के बाद आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास पर मंत्रियों के साथ बातचीत की है जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने दावा किया है कि भाजपा के कुछ और विधायक भी कांग्रेस के संपर्क मे हैं आधार सब्सिडी केंद्र सरकार ने राज्यों की सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार के इस्तेमाल संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

विधेयक में नये संशोधनों से धोखाधडी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और पात्र लोगों को फायदा होगा इस संशोधन से राज्यों को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे अपनी सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए भी आधार के इस्तेमाल का प्रावधान कर सकें वहीं आधार को अनिवार्य बनाने या न बनाने का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है

संभावना जताई जा रही है कि आज ही इस विधेयक को पारित कर दिया जायेगा

विधेयक में तीन तलाक प्रथा को अवैध घोषित करने का प्रस्ताव है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम में रविवार को दिन में ग्यारह बजे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किये हैं

जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता दूरदर्शन और आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है आज द्रदर्शन केन्द्र दिल्ली में अत्याध्रनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आकृष्ट होगें

हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र की रैंकिंग में जिले को प्रथम स्थान हासिल हुआ है

कलेक्टर मोहित बुंदस ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में छतरपुर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है अब स्वीकृत राशि र्से कार्ययोजना तैयार कर विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं